अब समाचार विस्तार से नीति आयोग नीति आयोग ने मध्यम वर्ग के लिए एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की वकालत की है जो अभी तक किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के तहत नहीं आती है

नीति आयोग ने कल नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणाली पर एक रिपोर्ट जारी की यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट़स की उपस्थिति में जारी की नीति आयोग में स्वास्थ्य सलाहकार आलोक कुमार ने कहा कि यह रिपोर्ट मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मध्यम से दीर्घावधि में स्वास्थ्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करेगी नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि आयुष्मान भारत में वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार किया जाना महत्वपूर्ण हैं और उनकी सफलता कई कारकों से निर्धारित की जाएगी

लोकसभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि देशभर में फैले तीन लाख पचास हजार कामन सर्विस सेंटरों की मदद से पंजीकरण किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गयी है श्री गंगवार ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे इस योजना के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाकर इसे लोकप्रिय बनायें

इस अवसर पर आज से प्रदेश में महाविद्यालयीन छात्राओं के लिए निशुल्क ड्राइविंग लायसेंस योजना शुरू की जा रही है परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश के चुनिंदा कन्या महाविद्यालयों में शिविर आयोजित कर ड्रायविंग लायसेंस जारी किये जायेंगे सॉलभर अन्य महाविद्यालयों में भी समय समय पर इस तरह के शिविर आयोजित किये जायेंगे श्री राजपूत आज भोपाल के शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय में योजना का श्रभारंभ करेंगे

अशोकनगर खंडवा सहित विभिन्न जिलों में भी आज इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जायेगा सरस मेला ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सरस भारतीय अतंरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है अब तक सात करोड़ सें अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों की सदस्य बन गयी हैं सरकार इस संख्या को दस करोड़ तक ले जाने के प्रयास कर रही है

उन्होंने कहा कि तालाबों और ग्रामीण सड़कों की वीडियोग्राफी कराकर सीमांकर कराएं ताकि ये अतिक्रमण से मुक्त हो सकें श्री राठौर ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले पांत्र परिवारों का सत्यापन शुरू करने और अपात्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिये श्री राठौर ने कहा कि अति वृष्टि से क्षतिग्रस्त संभाग की सभी सड़कों के मरम्मत कार्य यथाशीघ पूर्ण किए जाएं वाणिज्यिक कर मंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिये निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए अखंडता दिवस राष्ट्रीय अखण्डता दिवस पर आज भोपाल स्थित मंत्रालय के समक्ष सरदार पटेल पार्क में सुबह शासकीय कर्मियों को शपथ दिलाई जाएगी राज्य शासन के सभी विभागों के सचिव और विंध्याचल और सतपुड़ा कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे

उमरिया से हमारे संवादंदाता ने बताया है कि इस दौरान जिले में संगोष्ठी कार्यशाला जैसे कार्यकम आयोजित किये जायेंगे गुना अशोकनगर रायसेन सतना और बैतूल में भी आज शासकीय कार्यालयों में अखंडता दिवस पर शपथ दिलाई जायेगी

उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखण्डता के लिए बलिदान देने और भारत को विश्व शक्ति बनाने में श्रीमती गाँधी का योगदान इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में देश ने चहुँमुखी विकास किया उन्होंने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण विकास को नया आयाम दिया

इस दौरान डॉक्टर साधौ ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्कृतियों का वास है यहाँ संस्कृति के क्षेत्र में सभी विधाओं के साधकों का सदैव सम्मान रहा है उन्होंने कहा कि इन विभूतियों से ही प्रदेश की देश और विदेश में पहचान है उन्होंने सम्मानित कलाकारों की कला पर केन्द्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन भी किया अलंकरण समारोह में बड़ी संख्या में कला साहित्य प्रेमी उपस्थित थे

जिसके तहत गाँधी दर्शन यात्रा निकाली जा रही है यह यात्रा कल ग्वालियर जिले के भितरवार पहुँची इस दौरान नुक्कड़ नाटक और गाँधी जी के विचारों से प्रेरित फिल्म भी प्रदर्शित की गई

इस दौरान हवन पूजन के साथ भंडारे के आयोजन होंगे और शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी